स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक एक लाख पैंतीस हजार दो सौ पांच रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित एक लाख तैंतीस हजार छह सौ बतीस लोगों का इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत पर पहुंच गई है

राज्य में अब तक परीक्षण के लिए प्राप्त सभी नमूनों की जांच हो चुकी है झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच का काम जल्द निपटाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ निजी प्रयोगशालाओं की भी मदद ली गई

इस महामारी से आठ लोगों की मौत हुई है और मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच दो प्रतिशत है यह दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है

ये सातों लोग पिछले दिनों बांगलादेश से वंदे भारत मिशन के तहत लाए गए थे

समी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है सभी बरही स्थित उपकारा में बने क्वारेन्टीन सेंटर में रखे गए थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा

ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और विभिन्न राज्यों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रषासन प्रयासरत है

कोरोना संकट काल में प्रभावित शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है इसी कड़ी में उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन योजना और मुद्रा योजना के तहत ऋण के वितरण में गति लाने का निर्देश दिया है बैठक के दौरान उपायुक्त ने ऋण वितरण में भारतीय स्टेट बैंक के रिपोर्ट कार्ड पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने एसबीआई को ऋण के वितरण में गति लाने और लंबित ऋण प्रपत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का भी निर्देश दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आठ जवानों को अनुग्रह अनुदान का भूगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कर्तव्य के दौरान घायल हुए पांच जवानों को डेढ़ डेढ़ लाख रुपए दो जवान को एक एक लाख रुपए और एक जवान को पचास हजार रुपए की राशि दी जाएगी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के आत्मसमर्पण करनेवाले भाकपा माओवादी के बारह और झारखंड जनमुक्ति परिषद तथा जेजेएमपी के एक एक उग्रवादी को राज्य सरकार की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इनमें दो उग्रवादियों को चार चार लाख रुपए ग्यारह उग्रवादियों को दो दो लाख रुपए और एक उग्रवादी को दो लाख पचास हजार रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रुप में किया जाएगा जामताड़ा जिले में मनरेगा के तहत संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय सहित प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्मादन के दिशा निर्देश दिए

जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए पहली घटना जुगीडीह गांव की है जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और दो बच्चे घायल हो गए

मौसम विभाग ने झारखंड में आज शाम तक मानसून के प्रवेष की संभावना जताई है

बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग तक मानसून पहुंच गया है मानसून प्रवेश के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हैं

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबैट फर्जी लिंक है

जिनकी प्रारंभिक जांच और होम क्वारंटाइन के लिए निबंधन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया